स्लग बैठक एनडीए भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों की आज बैठक हुई जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया श्री मोदी के भाजपा संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुना गया श्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे इससे पहले एनडीए के नेताओं के राष्ट्रपति से मुलाकात करने की संभावना है

ये पहली बार है कि लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी पार्टी केन्द्र में सत्तां संभाल रही है

कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई इसमें राष्ट्रपति से तुरंत प्रभाव से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई राष्ट्रपति भवन से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश स्वीकार कर ली स्लग मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सुची सौंपी राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर मुख्य च्चनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को बधाई दी राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की स्लग अल्मोड़ा मॉनसून तैयारी कुमाऊँ मण्डल आयुक्त राजीव रौतेला ने अधिकारियों को बरसात के मौसम के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं ताकि किसी अप्रिय घटना के होने से बचा जा सके कुमाऊं आयुक्त ने मॉनसून पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कुमाऊं मण्डल के अधिकतर जनपद पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहां बादल फटने भूस्खलन मोटरमार्ग अवरूद्व नालों में तेज बहाव जैसी घटनाएं बरसात के दौरान होती है आयुक्त ने निर्देश दिये कि बरसात के मौसम में सेना एसएसबी आईटीबीपी आदि के अलावा अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग लिया जा सके आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने जिलों में क्राइसेस मैनेमेंट प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिये स्लग रुद्रप्रयाग मानसून रुद्वप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने मानसुन के लिहाज से जरूरी इंतजामों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को दो दिन के भीतर कार्ययोजना तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को देने को कहा जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसका ध्यान रखा जाए उन्होंने नदी के नजदीक बने मकानों को चिन्हित करने के निर्देश दिये साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन की ओर से सायरन बजने पर घर खाली कर सुरक्षित चिन्हित स्थान पर ठहराने के इंतजाम करने को कहा इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान लोगों के आवासीय मकान जानवर फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार को नुकसान का आंकलन कर मौके पर मुआवजा देने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं की ओर से विभिन्न स्थानों पर तैनात की जाने वाली जेसीबी पोकलेन मशीनों और आपरेटर की सूची संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने सभी जेसीबी मशीनों को जीपीएस से कनेक्ट करने को भी कहा ताकि आपदा के दौरान तुरंत राहत कार्य किया जा सके इसके साथ ही चिकित्सा विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने को कहा पूर्ति वभाग को खाद्यान्न और पेट्रोल पंप पर ईधन की पूरी व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये गये जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पैराफिट और बैरियर लगाने को कहा स्लग जल दिवस नैनीताल जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की बचत और उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संचेतना जागरूकता रथों को रवाना किया जाएगा जल दिवस के अवसर पर आज जल संचय जल संरक्षण एवं संवर्धन के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में पौराणिक धारा नौला जल स्रोतों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा

यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है

उन्होंने गोविन्द घाट पुलना भ्यूडांर घघरिया और हेमकृण्ड में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और एसडीआरएफ तैनात करने शौचालयों को द्रुस्त करने घांघरिया और हेमुकण्ड के पैदल मार्ग पर अस्थाई शौचालय स्थापित करने पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और दवाइयों का स्टॉक रखने आदि ने निर्देश संबंधित विभागों को दिये

कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा संचालन की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं निगम के महाप्रबंधक अशोक जोशी जी ने बताया की इस बार यात्रा में हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यात्रा पूरी तरह पैदल और पारंपरिक मार्गो से ही की जाएगी

उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है दरअसल पिछले वर्ष खराब मार्ग की वजह से पिथौरागढ़ से आगे सेना के हेलिकॉप्टर की मदद से श्रद्वालुओं को आगे ले जाया गया गया था खराब मौसम के चलते हेलिकॉप्टरों की उड़ानों में देरी हुई और यात्रियों को कई कई दिन मौसम खुलने का इंतजार करना पड़ा था इसलिए इस बार हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है

मौसम के बदले मिजाज के बावजूद यहां आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है बदरीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्वालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्वालु लंबी कतारों में लगकर दर्शन का इंतजार करते हैं

स्लग कार्यक्रम उत्तरकाशी उत्तरकाशी में स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि भविष्य में स्वच्छ जल और कूड़ा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगा

नेपाल से रीठा ला रहे ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से कई कुंतल तेजपात जटामासी जैसे बहुमूल्य मसाले और जड़ी बूटी बरामद हुईजिन्हें पीलीभीत के एक व्यापारी के लिए नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था बनबसा पुलिस ने केस दर्ज कर जड़ी बूटियों से लदे ट्रक को सीमा पर तैनात कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया